्म मतदाताओं को जागरुक करने के लिए चल रही स्वीप गतिविधियों में सैल्फी पोइन्ट की भी हुई शुरुआत

मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेष की लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस प्रत्याषियों के चयन में अन्य तथ्यों के साथ उनका जीताऊ होना भी एक महत्वपूर्ण आधार रहा है जयपूर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले पांच साल में देष में बेरोजगारी बढी है उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी द्वारा घोषित न्यूनतम आय गारंटी योजना से भाजपा परेशान हो गयी है इस योजना से गरीब वर्ग को लाभ होगा

उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से किये वादों के विपरीत काम किया भाजपा ने आरोप पत्र मे ंकर्ज माफी योजना को भ्रम का जाल बताते हुए कहा कि जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है इसी प्रकार सरकार ने किसान सम्मान निधि के लाभ से किसानों को वंचित रखा है

इसके अलावा संविदाकर्मियों को नियमित नहीं करने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद करने समेत कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिये भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक और प्रदेश महामंत्री वीरम देव सिंह ने बताया कि इसके तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक बडा कार्यक्रम होगा तथा मण्डल स्तर पर इसे देखने की व्यवस्था की गई है जयप्र ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड मौजूद रहेंगे इसके अलावा सभी लोकसभा क्षेत्र के सभी भाजपा विधायक विधानसभा प्रभारी सहित बडी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे

इसी के तहत बाडमेर में सैल्फी पोइन्ट की शुरुआत की गई है जहां अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आम लोग भी सैल्फी लेकर मतदान करने का संकल्प ले रहे हैं

दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है

झालावाड में राजीविका जिला परियोजना प्रबंधन इकाई की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के अन्तर्गत जिला स्तरीय ईवीएम वीवीपेट से होने वाली वोटिंग प्रक्रिया का प्रशिक्षण रखा गया इसमें वोटिंग प्रक्रिया को लघु फिल्म और पोस्टर के माध्यम से समझाया गया

सबसे ज्यादा पांच सौ छह करोड रूपये से अधिक का सामान गजरात में जब्त हआ है एक बयान में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उस ने देशभर में ढाई सौ करोड़ रूपये से ज्यादा की नकदी जब्त की है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में राजस्थान दिवस के मौके पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में यह घोषणा की

इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये कल जयप्र के आमेर महल जंतर मंतर हवा महल और अल्बर्ट हॉल पर दिनभर लोक कलाकारों ने लोक संगीत और नृत्य के कार्यक्रम पेश किये

आदेश के अनुसार राज्य के सभी आयकर सेवा केन्द्र भी आज खले रहेंगे उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी आज सभी बैंको को अपनी सभी शाखाओं को खोलने के निर्देश दिये हैं केन्द्र सरकार ने भी सभी भुगतान और लेखा कार्यालयों को आज खोलने का निर्देश दिया है ताकि सरकारी प्राप्ति और भुगतान किया जा सके

वहीं चार अन्य अधिकारियों को भी निलम्बित किया गया है प्रबंध निदेशक ने बताया कि सहकारी समितियों द्वारा बैंक में हो रहे घोटाले की जांच करवाई गई थी सीकर के रानोली में पुलिस ने हथियारो के साथ डकैती की योजना बनाते तीन बदमाशो को गिरफतार किया है

आरोपियों के पास से लाखों रुपए के क्रिकेट सट्टे का हिसाब और नकदी तथा अन्य सामग्री जब्त की गई है

दौसा में नांगल राजावतान के पास कल एक डंपर की टक्कर से मोटर साइकिल सवार की मौत हो गई हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने शव को सड़क पर ही रख कर जाम लगा दिया पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहचे और ग्रामीणों को समझाकर रास्ता खुलवाया झंझन जिले के चिड़ावा थाना क्षेत्र में कल एक पिकअप पलटने से चालक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया

फिल्मोत्सव का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की गाथा सबको बताना है और उनके शहादत और बलिदान को सच्ची श्रद्वांजलि देना है रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिये भ्रमण और बाघों को देखने के लिये अब पर्यटकों को अधिक राशि देनी होगी